डॉ वाईएस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की सीनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों का अहसास होना चाहिए और जीरो बजट प्राकृतिक खेती में योगदान देना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि इस दिशा में गहन अनुसंधान की जरूरत है और वैज्ञानिकों को राज्य सरकार के प्राकृतिक खेती मिशन में सहयोग के लिए आगे आना होगा उन्होंने कहा कि भारतीय अनुसंधान परिषद ने प्राकृतिक खेती पर शोध कार्य करने का आश्वासन दिया है आचार्य देवव्रत ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विकास वैज्ञानिकों की मदद के बिना संभव नहीं है मुख्यमंत्री पुलिस राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में मानद सहायक उपनिरक्षकों के पद सृजित करने का निर्णय लिया है

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कानून व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अच्छी है और पुलिस कर्मियों को हौंसला देने व उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ही राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है मुख्यमंत्री मोती मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने पुराने विद्यार्थियों और शीर्ष पदों पर आसीन लोगों से विद्यार्थियों के लिए आदर्श व मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का आहवान किया है वे आज शिमला में अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के तहत राज्य के विभिन्न स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर अनेक क्षेत्रों में नाम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन दर को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी भी कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित होंगे

नवरात्र मां दुर्गा के शारदीय नवरात्र मेले आज से शुरू हो गए हैं प्रदेश में स्थित मां दुर्गा के पांच शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में आज पहले व दूसरे नवरात्रे पर भक्तों की भारी भीड़ रही और दूर दूर से आए श्रद्धालु मां के समक्ष नतमस्तक हुए मंदिरों में आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री और दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की प्रजा अर्चना की गई कांगड़ा जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ चामुंडा माता मंदिर बजेश्वरी माता मंदिर मां ज्वाला जी मंदिर और चिंतपूर्णी माता मंदिर सहित बिलासपुर जिले में नैना देवी माता मंदिर में भक्तों की भीड़ देखते ही बनती थी और हजारों की संख्या में लोग कतारों में घंटों खड़े रह कर दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए शिमला के कालीबाड़ी और तारादेवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और मां दुर्गा के भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना रहा

अनुराग सांसद और राज्य ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पदक विजेताओं व मेधावी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा हमीरपुर में आज ओलम्पिक संघ की बैठक में उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोच और टीमों के अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि जकार्ता में हुई एशियाई खेलों में प्रदेश के पदक विजेताओं व भाग लेने वाले अधिकारियों के लिए भी एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा